रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि लिपुलेख में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई सड़क पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में ह उत्तराखंड के भाजपा कार्यकर्ताओं की एक वर्च्यअल रैली को संबोधित करते हुए आज उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का घनिष्ठ रिश्ता है और दुनिया की कोई ताकत इसे तोड़ नहीं सकती भारत और नेपाल के बीच का जो रिश्ता है ये कोई सामान्य रिश्ता नहीं है यह रोटी और बेटी का हमारा यह रिश्ता है दुनिया की कोई ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है यदि यह रोड बनने के कारण कोई गलतफहमी नेपाल के लोगों में यदि पैदा हुई है तो मैं समझता हूं कि इसका समाधान हम लोग मिल बैठ कर निकालंगे मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि भारत में रहने वाले लोगों के मन में कभी भी नेपाल को लेकर किसी प्रकार की कदुता पैदा हो ही नहीं सकती इतना गहरा संबंध हमारे नेपाल के साथ है

उन्होंने कहा कि अनलॉक का अर्थ है अनुशासन कोरोना से बचाव के लिये अनलॉक व्यवस्था के दौरान पूर्ण अनुशासन के साथ रहना आवश्यक है उन्होंने कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिये लगातार सतर्कता बरतने पर बल दिया है

उन्होंने कोविड अस्पतालों को चुस्त दुरूस्त बनाये रखने के लिये हर स्तर पर संवाद की आवश्यकता बताई

मुख्यमंत्री ने अस्पतालों में आक्सीजन की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित रखने के साथ बैकअप रखने के लिये भी कहा

बैठक में यह जानकारी दी गई कि मनरेगा के अन्तर्गत प्रदेश में सत्तावन लाख बारह हजार श्रमिकों को कार्य मिला है जो वर्तमान में देश में सर्वाधिक है

इन टीमों से यह भी कहा गया है कि वह जिले में सर्विलांस के तरीकों और अस्पतालों के प्रबंधन को बेहतर किए जाने पर भी ध्यान केंद्रित करें

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस माह के मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार भेजने को कहा है श्री मोदी ने एक ट्वोट में कहा कि मन की बात एक सशक्त मंच है जो एक सौ तीस करोड़ भारतीयों को क्षमता प्रदर्शित करता है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

संक्रमण से होने वाली मृत्यु दर दो दशमलव आठ छह प्रतिशत हो गई है

परिषद जांच की सुविधा लगातार बढा रही है

प्रदेश में कोरोना संक्रमित आठ हजार छह सौ दस मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि राज्य में कोरोना मरीजों की ठीक होने की दर लगभग इकसठ प्रतिशत हो गई है उन्होंने बताया कि बाहर से आये कामगारों के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जा रही है आशा कार्यकत्रियां प्रवासी श्रमिकों के घर जाकर कोरोना लक्षणों वाले कामगारों की सूचना स्वास्थ्य विभाग को दे रही है

स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार शवों का सावधानी के साथ निपटान किया जाएगा

कॉल करने वाले इस नम्बर पर ओपोडी नियुक्तियां ले सकते हैं और स्वयंसेवकों से बात कर सकते हैं आज प्रदेश के कई भागों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई जिसके कारण तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई

मौसम विभाग के अनुसार कल भी राज्य में कई जगहों पर तीस से चालीस किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार को हवाओं के साथ हल्की से भारी वर्षा हो सकती है

भारतीय जनता पार्टी के नेता और बस्ती सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिये लागू किये गये लॉकडाउन से प्रभावित लोगों अर्थव्यवस्था रोजगार कृषि और उद्योगों क लिये बीस लाख करोड़ रूपये के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा करके आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है

अभियान के अंतिम दिन श्री द्विवेदी ने कप्तानगंज महादेवा और रूदौली विधानसभा क्षेत्रों में दौरा किया

आयुष मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने इस वर्ष घर से ही योग दिवस में भागीदारी की अपील की है